राज्य में पिछले चौबीस घंटे के दौरान सामने आए बासठ कोरोना पॉजिटिव मामले एक संक्रमित की मौत उनहतर लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से मिली छुट्टी केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री जन धन योजना की महिला खाताधारकों के लिए आज से जून माह के लिए पांच पांच सौ रूपये भेजना षुरू करेगी

लॉकडाउन गाइडलाइन राज्य सरकार ने लॉक डाउन में परिवहन और दुकानों के संचालन दैनिक गतिविधियों धार्मिक स्थलों और कार्यस्थलो आदि को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं इसके तहत अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर रात्रि नौ बजे से सुबह पांच बचे तक लोगों के आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है वहीं सभी धार्मिक स्थलों को अगले आदेश तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है सार्वजनिक स्थलों कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान लोगों को फेस कवर अथवा मास्क अनिवार्य रुप से पहनने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने सैनिजाइटेशन हैंड वॉश और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करने सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन करने वहीं निजी वाहनों और टैक्सी को राज्य के अंदर एक जिला से दूसरे जिले और अन्य राज्यों में आने जाने के लिए अब ई पास की जरूरत नहीं होगी लेकिन दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को अनुमति लेना अनिवार्य होगा इसके अलावा द्वकानों में एक समय में अधिकतम पांच व्यक्तियों के प्रवेश के साथ आने वाले सभी ग्राहकों की सुची उनके पता और मोबाइल नंबर के साथ रखना होगा पैंसठ साल से अधिक उर्म् के व्यक्तियों गर्भवती महिलाओं और दस साल से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य कारणों को छोड़कर घर में रहने की सलाह दी गई है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कहा है कि झारखंड में लॉकडाउन के बाद आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे खोलने की प्रक्रिया चल रही है उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस दौरान सिर्फ एमएसएमई और बड़े उधोगों को ही नहीं हुआ नुकसान है बल्कि सरकार को भी नुकसान पहुंचा है

झारखंड कोरोना झारखंड में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बासठ नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं इस दौरान एक संक्रमित की मौत हो गई जबकि उनहतर लोगों को उपचार के बाद कोविड अस्पतालों से छट्टी दे दी गई नए संक्रमितों में जमशेदपुर के चौदह कोडरमा के तेरह गढ़वा के दस सिमडेगा के दस हजारीबाग के चार ग्रमला के तीन खूंटी के तीन और लातेहारपलाम बोकारो सरायकेला और रांची का एक एक व्यक्ति शामिल है वहीं स्वस्थ होनेवालों में जमशेदपुर के इक्कीस सिमडेगा के ग्यारह रांची के सात गढ़वा और हजारीबाग के दस दस रामगढ़ के पांच पाकुड़ के तीन तथा पश्चिमी सिंहभूम और पलामू के एक एक मरीज शामिल हैं इस तरह राज्य में अबतक कुल आठ सौ तैंतालीस कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं जबकि छह लोगों की मौत और तीन सौ नब्बे संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं राज्य में जांच के लिए अबतक लिए गए नब्बे हजार दो सौ अठासी सैंपलों में से छियहतर हजार आठ सौ चौदह की निगेटिव रिपोर्ट आई है

उन्होंने कहा कि भारत इस चुनौती भरे समय में विश्व समुदाय के साथ है श्री मोदी ने यह बात ब्रिटेनके प्रधानमंत्री बोरिस जानसन द्वारा आयोजित वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही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

इनका तीन साल का कार्यकाल होगा केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश जारी कर दिया है वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के उन्नीस सौ छियानबे बैच के गुजरात कैडर के अधिकारी हैं साल दो हजार चौदह में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद राजीव टोपनो को अपना निजी सचिव नियुक्त किया था इससे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में श्री टोपनो ने प्रधानमंत्री कार्यालय में दूरसंचार व बंदरगाहों जैसे विभागों का अहम दायित्व निभाया था

यह राशि उन्हें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अन्तर्गत दी जा रही है वित्तीय सेवा विभाग ने बताया कि लाभार्थी इस महीने की दस तारीख के बाद अपने खाते से यह राशि निकाल सकते हैं पहली किस्त में बीस करोड पांच लाख जन धन खाता धारकों के खाते में दस हजार उनतीस करोड़ रुपए जमा कराए गए दूसरी किस्त में बीस करोड़ बासठ लाख महिला जन धन खाता धारकों के खाते में दस हजार तीन सौ पन्द्रह करोड़ रुपए जमा किए गए षिक्षक बर्खास्त रांची जिले के अंतर्गत बेड़ो स्थित केसीबी कॉलेज के तीन शिक्षकों को फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र पर नौकरी नौकरी पाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया है रांची विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस संबंध में अधिसुचना जारी कर दी है

क़षिमंत्री कृषिमंत्री बादल ने दस किसानों के बीच बीज वितरित कर कल रांवी में राज्यव्यापी बीज वितरण कार्यक्रम का सांकेतिक रूप से ष्रभारंभ किया इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कृष्मिंत्री ने कहा कि कृषि कार्यो के माध्यम से सरकार गांव पंचायत में ही घर वापस लौटने वाले सभी प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोषिष कर रही है

इस वर्ष इक्यानबे दशमलव छह प्रतिशत विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की है परीक्षा में लगभग पैंतीस प्रतिशत विद्यार्थियों को साठ से अस्सी प्रतिशत के बीच अंक प्राप्त हुए हैं नतीजों के लिहाज से सिमडेगा जिले का रिजल्ट सबसे बेहतर रहा है यहां के बयानबे दशमलव तीन दो प्रतिशत विद्यार्थी सफल रहे हैं जबकि सबसे कम नब्बे दशमलव पांच नौ प्रतिशत परिणाम लोहरदगा जिले का रहा है गौरतलब है कि आठवीं की परीक्षा में राज्य के लगभग पांच लाख पचास हजार विद्यार्थी शामिल हुए थे

इस वर्ष सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी थीम पर पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संदेश में कहा है कि जैव विविधता का संरक्षण और निरंतर प्रबंधन अनिवार्य है

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोनों ही उग्रवादी क्चाई इलाके में उग्रवादी गतिविधियों को संचालित करते थे

इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया

पहले यह परीक्षा इकतीस मई को होनेवाली थी लेकिन कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया था